प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अरुण जेटली तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए

ब्लॉक अध्यक्षों की देखरेख में होने वाले कार्यक्रम में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न बाजारों से जनसंपर्क रैली निकाली जाएगी

भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत सातों विधानसभा क्षेत्रों में रैलियो पोस्टरों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए जागरूक किया जा रहा है

हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन विभाग ने इसी कड़ी में मतदान को प्रोत्साहित करने वाला एक लोकगीत जारी किया है

उन्होंने प्रदेश के उच्चाधिकारियों और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक में चुनाव तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना भी उपस्थित रहे निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों के संधारण और विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे सुरक्षाबलों का नियोजन चुनाव दलों और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था चुनाव पर होने वाले खर्चों पर निगरानी धन बल के उपयोग को शक्ति से रोकने शराब के परिवहन तथा अवैध वितरण पर कड़ी निगरानी रखते हुए समय पर ऐसी गतिविधियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए उन्होंने केंद्रीय पुलिस बल को चुनाव के दौरान कैशलेस इलाज और राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जगहों पर एयर एंबुलेस की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने बैठक के दौरान प्रदेश भर की तैयारियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया उन्होंने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

प्रदेश में कानून व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा कर सभी जिलों से रोजाना रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं

मोर्चे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जनता दल धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी शामिल है

गहलोत पर विजयादशमी के मौके पर नगर निगम की ओर से पटेल मैदान में आयोजित रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है

इस मौके पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित गया कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने कर्तव्य पालनके दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण कर श्रद्वांजलि दी पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों आरएसी और रेंज मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है विशिष्ठ महानिदेशक एनआरके रेड्डी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार वरिष्ठ अधिकारी शहीद पुलिसकर्मियों के घरों में जाकर उनके परिवारजनों की कुशलक्षेम पूछेंगे आमजन को पुलिस की बहाद्री से अवगत कराने के लिये शहीद पुलिसकर्मी के स्कूल और कॉलेज जाकर वहाँ भी उनके वीरतापूर्ण कार्यो के बारे में बताया जायेगा

कर्नल भाटी को उनकी प्रत्रियों ने मुखाग्नि दी कुछ दिनों से अस्वस्थ कर्नल भाटी का दिल्ली में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह निधन हो गया था

पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक ने बताया कि रोड़ शो के साथ ही जनसंवाद सत्र और जनता के लिये खुला मंच जैसे कार्यक्रम भी होंगे